बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने अरुणाचल में बिचौलियों को दूर करने की आवश्यकता पर बल दिया जहां स्थानीय कृषि और बागवानी उत्पादों को कम कीमत में खरीद कर उन्हें राज्य के बाहर उच्च कीमत पर बेचा जाता है श्री खांडू ने किसानों को बाजारों तक उचित पहुंच बनाने में मदद करने का आह्वान करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने अरुणाचल प्रदेश कृषि उपज एवं पशुधन विपणन अधिनियम दो हजार अट्ठारह लागू किया है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के संयुक्त अध्यक्षता वाले बैठक में मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि अरुणाचल बजट दो हजार अटठारह में कृषि क्षेत्र के लिए अधिकतम धनराशि निर्धारित करते हुए कृषि और उससे संबंध क्षेत्रों के विकास को उच्च प्राथमिकता दिया गया है मुख्यमंत्री ने बताया कि कृषि उपज की बिक्री में बिचौलियों को खत्म करने के लिए बजट में राज्यभर में हॉलसेल मार्केट सह ऑक्सन केंद्र के निर्माण के लिए धन आवंटित किया गया है जिसे ई नाम के लिंक के साथ जोड़ा गया है ताकि उत्पादों की बिक्री ऑनलाइन की जा सके उन्होंने केंद्र सरकार से राज्य को आर्किड फूलों और बागवानी फसलों की निर्यात योग्य प्रजातियों की किस्मों की पहचान करने में मदद करने का भी विशेष रुप से आह्वान किया बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपानी ने भी भाग लिया

केंद्रीय आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति ने अरुणाचल प्रदेश में दिबांग बहुउद्देश्यीय परियोजना के लिए सोलह अरब रुपए मंजूर किए है कल मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि यह संग्रहण आधारित जल विद्युत परियोजना है और इसका उद्देश्य बाढ़ पर नियंत्रण करना है मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के निणर्य का स्वागत किया है एक ट्वीट में श्री खांडू ने कहा कि परियोजना के पूरा होने पर यह राज्य के राजस्व को बढ़ाएगा और आर्थिक एवं पर्यटन गतिविधियों के अवसर भी पैदा करेगा उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने भी केंद्र सरकार को देश का सबसे ऊंचा बांध बनाने को मंजूरी देने के लिए आभार व्यक्त किया राजधानी ईटानगर में पुलिस मुख्यालय के पास कल सुबह बारिश के बाद हुए भूस्खलन में दो लोगों के घायल होने और कई वाहनों के नुकसान होने की खबर है दोनों घायलों का इलाज आर के मिशन अस्पताल में चल रहा है इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई रिपोर्ट नहीं है घटना की खबर मिलते ही गृह मंत्री बामंग फेलिक्स ने भूस्खलन क्षेत्र का दौरा किया और अस्पताल में घायलों से मिलकर उन्हें राज्य सरकार की तरफ से हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया राज्य में भूस्खलन की घटनाओं की रिपोर्ट पर द्रख व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्राकृतिक आपदा से प्रभावित घायलों को नियमों के अनुसार राहत मुहैय्या कराने का आश्वासन दिया

ये दोनों गैर सरकारी संगठन राज्य सरकार को बिना कोई वित्तीय बोझ देते हुए शून्य निवेश और इनोवेटिव पहल के साथ शिक्षा क्षेत्र में मिलकर काम करेगा शिक्षा विभाग ने राज्य के सौ प्राथमिक स्तर के स्कूलों में विज्ञान क्लब स्थापित करने के लिए यूनिसेड के साथ भी समझौता ज्ञापत पर हस्ताक्षर किए है सामाजिक कार्यकर्ता आइनी तालोह को डॉ कार्ल लैंडस्टेनर गूड स्पीकर पुरस्कार के साथ नवाजा गया है नई दिल्ली में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के मुख्यालय में गत पंद्रह जुलाई को आयोजित समारोह में राष्ट्रीय रक्त आधान परिषद के निदेशक द्वारा उन्हें यह पुरस्कार प्रदान की गई